देश में अब तक कोविड नाइन्टीन से चौबीस लाख से अधिक लोग हुए ठीक

प्रदेश सरकार द्निया भर में काम कर रहे राज्य के प्रवासी कामगारों का तैयार करेगी डेटाबेस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन की मेडिकल जांच कार्य को पूरी क्षमता से संचालित करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन पचासी हजार से अधिक रैपिड एन्टीजन टेस्ट और पैंतालीस हजार से अधिक आरटीपीसीआर टेस्ट अवश्य किये जाये मुख्यमंत्री कल लखनऊ में कोविड नाइन्टीन पर एक उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कानपुर नगर लखनऊ गोरखपुर प्रयागराज वाराणसी और बलिया में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिये उन्होंने सभी जनपदों में इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टर के कार्यो की नियमित मानीटरिंग करने के निर्देश दिये उन्होंने चिकित्सा के तकनीकी स्टॉफ में आवश्यकतानुसार वृद्धि करने के लिये भी कहा मुख्यमंत्री ने कहा ई संजीवनी सेवा का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये जिससे अधिक से अधिक लोग इस ऑन लाइन ओपीडी सेवा का लाभ उठा सके मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना कालखंड में भी प्रदेश सरकार अन्नदाता किसानों के हित में नई नई योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रही है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लॉकडाउन के दौरान घोषित विशेष आर्थिक पैकेज के अन्तर्गत एक लाख करोड़ रूपये कृषि इंफ्रास्ट्रक्वर के विकास के लिये दिये गये मुख्यमंत्री कल लखनऊ में राज्य भंडारण निगम द्वारा सैंतीस मंडियों में निर्मित किये जाने वाले पांच पांच हजार मीट्रिक टन भंडारण क्षमता के नये भंडारग़हों का ई शिलान्यास कर रहे थे उन्होंने कहा कि किसानों को केवल अनाज मंडी में ही नहीं बल्कि फल और सब्जी मंडियों में भी ऐसी सुविधा देनी चाहिये जिससे किसान अपने उत्पाद को कुछ दिनों तक सुरक्षित रख सके उन्होंने कहा कि देश और देश के बाहर जहां भी किसानों के हित में कार्य हो रहे हैं उनका अध्ययन कर अपने यहां लागू किया जाना चाहिये क्योंकि अन्नदाता ही किसी भी देश की रीढ़ की हड़डी होते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि किसानों को समय से खेती के लिये खाद मिलती रहे और इसकी कालाबाजारी न होने पाये उन्होंने खाद की कालाबाजारी में संलिप्त लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री कल लखनऊ में अपने आवास पर एक समीक्षा बैठक में बोल रहे थे उन्होंने गौवंश की नस्ल सुधार अभियान संचालित करने के भी निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे उच्च द्ग्ध क्षमता वाली बछिया पैदा होंगी जिससे दुग्ध की उपलब्धता में वृद्धि होगी और पशुपालक लाभान्वित होंगे मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यो को प्रभावी ढंग से संचालित करने के भी निर्देश दिये प्रदेश सरकार ने कोविड नाइन्टीन महामारी के मद्देनजर राज्य में सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन पर आगामी तीस सितम्बर तक रोक लगा दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने पर पूरी तरह रोक रहेगी अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस बारे में अपने एक आदेश में कहा है कि सभी प्रकार के जुलूसों और झांकियों पर प्रतिबंध रहेगा उन्होंने कहा कि इस संबंध में आदेशों का पालन हर हालत में सुनिश्चित किया जाये पांच या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगी है यह निषेधाज्ञा राज्य में असामाजिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव तोड़ने की आशंका के मददेनजर लागू की गई है लोगों को अपने घरों में मूर्तिया ताजिया और अलम की स्थापना करने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये कल राजभवन लखनऊ से राहत सामग्री मेजी गई इंडियन रेडक्रास सोसाइटी द्वारा बाढ़ प्रभावित बीस जनपदों में राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव महेश गुप्ता ने प्रदेश के आठ जिलों में बाढ़ पीड़ितों के लिये राहत सामग्री से युक्त आठ वाहनों को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया इस अवसर पर प्रदेश के राहत आयुक्त संजय गोयल सहित इंडियन रेडक्रास सोसाइटी के पदाधिकारी मौजूद रहे देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यह करीब छिहत्तर प्रतिशत पर पहुंच गई है नई दिल्ली में कल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बतायाकि लगातार किये जा रहे प्रयासों से देशभर में चौबीस लाख से अधिक लोग इस महामारी के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं

पिछले चौबीस घंटों में देशभर में छाछठ हजार से अधिक रोगी कोविड से ठीक हुए हैं

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान पांच हजार एक सौ चौबीस कोरोना के नये मामले मिलने के बाद क्ल कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या उन्चास हजार पांच सौ पचहत्तर हो गई हैं अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में अब तक एक लाख चौवालिस हजार सात सौ चौवन लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं अब तक राज्य में कोरोना से तीन हजार उन्सठ लोगों की मौत हुई है प्रदेश सरकार द्निया भर में काम कर रहे राज्य के प्रवासी कामगारों का डेटाबेस तैयार करेगी इससे इन श्रमिकों को आपात स्थिति में सहायता पहुंचाना संभव होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए एक पोर्टल जारी करते हुए कहा कि इससे राज्य में निवेश करने में मदद मिलेगी और उन लोगों के लिए भी अवसर पैदा होंगे जो विदेश जाना चाहते हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि एन आर आई डॉट यू पी डॉट जी ओ वी डॉट आई एन पोर्टल की मदद से दूसरे देशों में काम कर रहे और अप्रवासी भारतीयों को अपनी समस्याओं का स्थानीय प्रशासन अथवा राज्य सरकार से समाधान प्राप्त करने में सहयोग मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी तीस अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश को लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

श्री मोदी ने लोगों को आगामी मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है लोग एक आठ शुन्य शुन्य एक एक सात आठ शुन्य शुन्य पर अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो ऐप ओपन फोरम या माई जीओवी पर भी अपने विचार लिख सकते हैं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 सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक और फर्जी खबरों की सच्चाई बताने के लिए हम लगातार आपको सही जानकारी देते आ रहे हैं इसी क्रम में सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि देश के हर एक नगर पालिका में कोविड नाइन्टीन के प्रत्येक रोगी को केंद्र सरकार द्वारा डेढ लाख रूपये की मदद उपलब्ध कराई जा रही है केन्द्र सरकार ने इस खबर को फर्जी बताते हुए कहा है कि ऐसी कोई घोषणा नहीं की गयी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी के डोम राजा जगदीश चौधरी के निधन पर द्ःख व्यक्त किया उन्होंने कहा है कि श्री चौधरी काशी की संस्कृति में रचे बसे थे और वहां की सनातन परंपरा के संवाहक थे श्री मोदी ने जीवनपर्यंत सामाजिक समरसता के लिए कार्य करने के लिए भी उनका स्मरण किया प्रधानमंत्री ने उनके परिजनों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डोम राजा के निधन पर शोक जताते हुये कहा है कि उनका निधन सम्पूर्ण भारतीय समाज की बड़ी क्षति है वाराणसी में डोम राजा जगदीश चौधरी का निधन हो गया था कल मणिकर्णिका घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया